राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अनुसुइया उइके को छत्तीसगढ़ का और विश्वभूषण हरिचंद्र को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया भाजपा की वरिष्ठ नेता अनुसुइया उइके मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं मूल रूप से छिंदवाड़ा की रहने वाले अनुसुइया उइके शासकीय कॉलेज तामिया छिंदवाड़ा में अर्थशास्त्र की व्याख्याता के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं वर्ष उन्नीस सौ अठासी में वे मध्यप्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं गौरतलब है कि राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के निधन के बाद मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रही थी प्रधानमंत्री सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय जनहित में काम करने को कहा है वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति पर चिन्ता जताई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए मध्यान्ह भोजन कलेक्टर निर्देश प्रदेश के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में बच्चों को अण्डा दिए जाने के संबंध में सरकार ने कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि अगले दो सप्ताह के भीतर शाला विकास समिति और पालकों की बैठक बुलाई जाए इस बैठक में ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाए जो मध्यान्ह भोजन में अंडा नहीं लेना चाहते हैं जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि पालकों की बैठक में यदि स्कूल में अण्डा वितरण को लेकर सहमति नहीं बन पाए तो वहां के स्कूलों में ऐसे बच्चों को जो अण्डा खाने के इच्छुक हैं उन्हें शाला विकास समिति द्वारा घर पहुंचाकर अण्डा दिया जाएगा साथ ही स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तैयार किए जाने को बाद अलग से अंडा उबालने की व्यवस्था की जाएगी अंडा खाने वाले बच्चों को अलग से पंक्ति बनाकर बिठाया जाएगा वहीं शाकाहारी बच्चों के लिए प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ सुगंधित सोया सुगंधित दूध प्रोटीन क्रंच फोर्टिफाइड बिस्किट फोर्टिफाइड सोयाबीन सोया मूंगफली चिकी सोया पापड़ फोर्टिफाइड दाल जैसे विकल्प रखे जाएंगे विधानसभा बहिर्गमन छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में आज किसानों के मुद्दों को लेकर काफी हंगामा हुआ सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने किसानों से वादाखिलाफी खाद बीज की अन्पलब्धता बिजली की कटौती जैसे मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव के जरिये चर्चा कराए जाने की मांग की विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में बारिश नहीं होने से अकाल की रिथित है और अघोषित बिजली कटौती जारी है आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और गर्भगृह में आ गए तथा वहीं धरने पर बैठ गए हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार अट्टारह जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई विपक्षी सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए सदन से बाहर चले गए और विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए श्रोताओं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपुर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी

अवस्थी अतिरिक्त प्रभार प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ अस्थायी रूप से महानिदेशक एसआईबी और नक्सल ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं ईओडब्ल्य् एसीबी के महानिदेशक विनय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक नगर सेना और नागरिक सुरक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है

भारतीय कृषि अन्संधान संस्थान ने कृषि विज्ञान केन्द्र कवर्धा को सर्वश्रेष्ठ केन्द्र के रूप में चुना है इसके तहत इस केन्द्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बीरबल साहू को कृषि विस्तार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा गया वहीं कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर के अंतर्गत कृषि प्रणाली मॉडल अपनाने वाली सीमान्त किसान लकेश बाई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार प्रदान किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ये पुरस्कार प्रदान किए स्कूल शिक्षा विभाग निर्देश प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी अब अपने स्वयं के स्थानांतरण और अन्य कारणों से सीधे मंत्री से पत्राचार नहीं कर सकेंगे स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का पालन न करने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस प्रदर्शन केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में मिट्टी तेल के कोटे में कटौती पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि महंगाई और धान के समर्थन मूल्य जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगामी बीस जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी इस प्रदर्शन में पार्टी के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी विधायक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे

इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन श्रद्वालू ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए अपने गुरूओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश सारनाथ में पूर्णिमा के दिन दिया था प्रदेश में आज गुरू पूर्णिमा पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर गुरूओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया राजनांदगांव में बर्फानी आश्रम से एक शोभायात्रा भी निकाली गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरू पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं वहीं सावन महीने की शुरूआत कल से हो रही है इसे लेकर प्रदेश के शिवालयों में जोरशोर से तैयारियों चल रही हैं इस पूरे महीने श्रद्धालु भगवान महादेव की आराधना करेंगे सावन महीने में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है चंद्रग्रहण आज रात आंशिक चंद्रग्रहण होगा और इसे देश में देखा जा सकेगा यह तड़के एक बजकर इकतीस मिनट पर शुरू होगा आंशिक ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव सुबह तीन बजकर एक मिनट पर होगा

बीजापुर जापानी बुखार बीजापुर जिले के भोपालपट्नम विकासखंड में एक और बच्चे में जापानी बुखार के लक्षण मिले हैं जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है इस बीमारी से जिले के गुण्डापुर में तीन दिन पहले ही एक बच्चे की मौत हो गई थी जिले में लगातार जापानी बुखार के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और गांव गांव में मलेरिया से बचाव के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है संक्षिप्त समाचार विधानसभा के मानसून सत्र की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल सत्रह जुलाई को होने वाला जन चौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है